केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आतंकी अथवा नक्सली हमलों में शहीद राज्य पुलिस के कर्मचारियों के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया है किसान पेंशन केन्द्र ने प्रधानमंत्री किसान पेंशन के नाम से एक नई योजना को मंजूरी दी है यह योजना स्वैच्छिक और अंशदान के आधार पर देशभर के सभी लघु तथा सीमांत किसानों के लिए है

साठ वर्ष की आय़ के बाद किसानों को तीन हजार रूपये की निर्घारित न्यूनतम पेंशन मिलेगी

प्रकाश जावड़ेकर प्रकाश जावड़ेकर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभालाने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र के लिए बह्त महत्वपूर्ण है उन्होंने लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के महत्व का उल्लेख किया और स्वतंत्र प्रेस के प्रति सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई तबादले प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आठ जिलों के उपायुक्त बदल दिए हैं अमित कश्यप को शिमला उपायुक्त राजेश्वर गोयल को बिलासपुर संदीप क्मार को ऊना विवेक भाटिया को चंबा राकेश क्मार प्रजापति को कांगड़ा रिचा वर्मा को कुल्ल और हरिकेश मीणा को हमीरपुर का उपायुक्त नियुक्त किया गया है जबकि उपायुक्त कुल्लू युनूस की पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में निदेशक पद पर नियुक्ति की गई है कैबिनेट प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी बैठक में सीनियर रैजीडेंट डॉक्टर पॉलीसी में बदलाव सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद ये मंत्रिमंडल की पहली बैठक है

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी जारी की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल से जुडी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है अमित शाह बने गहमंत्री राजनाथ को रक्षा जयशंकर को विदेश और निर्मला को सौंपी खजाने की चाबी पंजाब केसरी का शीर्षक है शाह को गृह राजनाथ को रक्षा और निर्मला को वित्त मंत्रालय की कमान दैनिक जागरण के शब्द हैं प्रधानमंत्री मोदी ने किया मंत्रियों के विभागों को बंटवारा शाह गृह राजनाथ रक्षा मंत्री दिव्य हिमाचल लिखता है शाह गृह राजनाथ रक्षा सीतारमण संभालेंगी वित्त अनुराग वित्त राज्यमंत्री पंजाब केसरी के शब्द हैं अनुराग ठाक्र ने संभाली राज्यमंत्री की क्सी जयराम ठाक्र सहित अन्य नेताओं ने दी बधाई अमर उजाला और हिमाचल दस्तक की लगभग एक जैसी सुर्खी है अनुराग को वित्त एवं कारपोरेट मामलों का जिम्मा दिव्य हिमाचल की खबर है कांगड़ा शिमला हमीरपुर समेत आठ जिलों के डीसी बदले दैनिक जागरण के शब्द हैं आठ जिलों के डीसी का तबादला पंजाब केसरी लिखता है आचार संहिता हटने के बाद आठ जिलों के डीसी बदले आपका फैसला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है प्रदेश मंत्रिमंडल में बदलाव भाजपा हाईकमान में चर्चा के बाद हिमाचल में करोड़ों के सड़क निर्माण जांच के दायरे में दैनिक सवेरा टाइम्स की खबर है मौसम पर अमर उजाला का शीर्षक है शिमला में नौ साल बाद रिकॉर्डतोड़ गर्मी

दैनिक जागरण के मुताबिक आज बचकर रहें चार जिलों में चलेगी लू दिव्य हिमाचल लिखता है तंदूर बने हिमाचल के मैदान आज चलेगी लू

दैनिक भास्कर की एक खबर है पर्यटकों के लिए आज से खुल जाएगा रोहतांग दर्रा प्रशासन ने दिए आदेश पंजाब केसरी के अनुसार आज से सैलानी कर सकेंगे रोहतांग का दीदार टायर और किराया घोटाले में एचआरटीसी के डीएम पर केस अमर उजाला की एक अन्य खबर है